भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने कांग्रेस के प्रवासियों से रेल किराया लेने सम्बन्धित बयानों की कड़ी निंदा की राजस्थान पुलिस ने लोगों से महामारी अध्यादेश के प्रावधानों की पालना करने को कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को प्रदेशवासियों ने किया नमन प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर बिगड़ा मौसम का मिजाज कई जगहों पर हुई बारिश के बाद तापमान में आई गिराव

हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह दुकानदारों ने पूजा अर्चना कर अपना व्यवसाय शुरू किया

जिले के अन्दर रोड़वेज बसे भी शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है

बारां जिला भी ग्रीन जोन में शामिल है सिरोही जिले में भी अभी तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिलने की वजह से यहां आज से अधिकतर गतिविधियां शुरू हो गई है ग्रीन जोन में होने के कारण जिले में रोडवेज बसे चल रही है इन बसों का संचालन जिले के अन्दर चयनित रूट पर किया जा रहा है सभी गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हो रही है इधर जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जो दुकाने लॉकडाउन की शुरूआत में बंद की गई थी वो आज भी नहीं खुली जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने से पहले सुचना देने के लिए कहा है बांसवाड़ा में आज शराब की दुकानें खुली वहीं अजमेर में भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतारे देखी गई

दौसा की मजदूर कोयली मीणा ने कहा कि सरकार ने उनके लिए यह एक अच्छा काम किया है

इन स्थलों पर मजदूरों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इन सभी की चिकित्सा विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग की

इधर आज भरतपुर दौरे पर रहे चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने हाइवे पर स्थित यूपी बोर्डर ऊंचा नगला का जायजा लिया श्री गर्ग ने बहनेरा के सरकारी स्कूल में ठहरे हुए मजदूरों से भी उनके हालचाल जाने

चूरू में अपने निवास पर लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने के बाद श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार प्रवासियों और श्रमिकों को उनके घर ले जाने के प्रति जागरूक नहीं है

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज इसकी जानकारी दी और इसके लिए केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर का आभार जताया है

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रेल से लाए जाने वाले प्रवासियों से किराया लेने के बयानों की कड़ी निंदा की है

उन्होंने कहा कि जब सब कुछ स्पष्ट है तो कांग्रेस दानदाताओं के सहयोग से किसका खर्च उठाने की बात कह रही है गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर यह निर्णय लिया था कि अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराये का भूगतान राज्य सरकार वहन करेगी वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग घर आ रहे है उनका पूरा किराया केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए

ये टीमें इन जिलों में राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित जयपुर और जोधपुर जिलों प्रत्येक के लिए भी दो सदस्यीय टीम बनाई गई है

आज राजभवन से तकनीकी शिक्षा और मानव मूल्य पर आधारित वेबीनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्बोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि संविधान में निहित मूल कर्तव्यों में सभी मानवीय मूल्य समाहित है यदि युवा पीढ़ी इनके अनुसार चले तो समाज प्रदेश और देश लगातार प्रगति करेगा

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इस बीमारी का स्थायी समाधान नहीं है हमें अनुसंधान करने होंगे ताकि इस बीमारी से राहत मिल सके बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित वेबीनार में प्रदेशभर के एक हजार से अधिक छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया

इस गाडी का ठहराव प्रदेश के फालना अजमेर और जयपुर में भी होगा

जयपुर के आर्मी अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से सैनिक कल्याण मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने उन्हें नमन किया और उनके परिजनों को सांत्वना दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नल आशुतोष शर्मा सहित मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि दी है उन्होंने कहा कि बहाद्र फौजियों की शहादत हमेशा याद रखी जाएगी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भी आशुतोष शर्मा की शहादत को सलाम किया है

कृछ जगह ओलावृष्टि भी हई है बाड़मेर जिले के सिणधरी में तेज आंधी के बाद ओलावृष्टि हुई है

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर ठण्ड़ी और धूलभरी हवाओं के साथ हल्की और मध्य बारिश की संभावना जताई है